किसानों के हित के लिए तकनीक के इस्तेमाल का आह्वान किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के निर्देश दिए कहा कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ शुरू हो काम नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी पढ़ाई के लिए तकनीक और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क़षि क्षेत्र के मुद्दों और आवश्यक सुधारों पर चर्चा के लिए कल एक बैठक की बैठक में कृषि विपणन में सुधार अतिरिक्त उपज के प्रबंधन संस्थागत ऋण तक किसानों की पहंच में सुधार लाने के उपायों और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचार विमर्श किया गया प्रधानमंत्री ने सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया बैठक में कृषि अर्थव्यवस्था कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका मजबूत करने का फैसला किया गया प्रधानमंत्री ने ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि देश में कृषि उपज का निर्यात बढ़ाने के लिए कृषि उत्पाद आधारित बोर्ड और परिषद गठित करने की आवश्यकता है बैठक के दौरान मौजूदा बाजार प्रणाली में उचित सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया इसके अलावा किफायती ब्याज दरों पर ऋणों की उपलब्धता किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष अभियान तथा राज्य के भीतर और राज्यों के बीच कृषि उत्पादों के व्यापार पर भी चर्चा की गई प्रधानमंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नए उपाय करने पर भी बल दिया ई कॉमर्स के प्लेटफार्म ई नाम को सशक्त बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में चार मई से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में काम काज शुरू हो जाएगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का निष्पादन बेहतर रहा है भारत ने इस क्राइसेस को ठीक से मैनेज किया है

लॉकडाउन से कड़ाई से पालन हुआ और अब ईजिंग आउट कर रहे हैं फोजिंग आउट कर रहे है और फोजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग सारी दैनन्दिन एक्टिविटीज जो हैं रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई हैं सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं एकदम शहरों के बीचॉबीच फैक्ट्रीज नहीं होती है तो वो आसपास होती है वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडीकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी तो वो दूसरा मुद्दा है कन्सट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं जहां वहां मजदूर वैसे भी कन्सट्रक्शन एक्टिविटीज पर मजदूर वहीं रहते हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्श का कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है उन्होंने कहा कि विपक्ष ऐसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना करता है जिन पर वह पहले सहमति व्यक्त कर चुका होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण से सुरक्षा के उपाय करते हुए प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश दिया है उन्होंने अवैध रूप से अतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय आवागमन को रोकने के भी निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की सूची तैयार करने एवं स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही उनकी सकुशल वापसी कराई जाये इसके लिये उन्होंने संबंधित राज्य सरकारों को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि अन्य राज्यों में फसे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को प्रदेश वापस लाने के लिये महाराष्ट्र तथा गुजरात से और अधिक ट्रेनों को चलाने के लिये संबंधित अधिकारियों से चर्चा की जा रही है लेकिन इससे पहले सभी यात्रियों की सूची एवं उनके स्वास्थ्य परीक्षण को सुनिश्चित किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वापस आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों का नाम पता और मोबाइल नम्बर के साथ उनकी कार्यदक्षता का विवरण भी संकलित किया जाये ऐसे श्रमिकों और कामगारों को रोजगार सुलभ कराने की सुविधा दी जाये मुख्यमंत्री ने पन्द्रह से बीस लाख लोगों को रोजगार देने की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिये हैं प्रदेश सरकार लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे कामगारों और श्रमिकों को राज्य में वापस लाने के लिए विशेष ट्रेनों का प्रबन्ध कर रही है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि श्रमिकों को प्रदेश लेकर आने वाली पहली विशेष ट्रेन कल सुबह करीब दस बजे महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हुई ट्रेन आठ सौ पैंतालीस श्रमिकों और मजदूरों को लेकर झांसी कानपुर के रास्ते से होते हुए आज सुबह लखनऊ पहुंची ग्जरात में फसे श्रमिकों को कल अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन से आगरा के लिए रवाना किया गया जहां से सभी श्रमिकों को बसों द्वारा उनके गृह जनपद भेजा जाएगा केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही ट्रेनों द्वारा भेजा जा रहा है इस बीच गोरखपुर के मण्डलायुक्त जयन्त नार्लिकर ने कल उत्तर पूर्व रेलवे के सहायक प्रबन्धक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने रेलवे द्वारा श्रमिकों को लेकर प्रदेश पहुंचने वाली ट्रेनों का समय और यात्रियों की संख्या के बारे में जिला प्रशासन को अग्रिम सूचना देने को कहा है केन्द्र सरकार ने कल नौंवी और दसवीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी किया कैलेंडर में शिक्षा देने के लिए सोशल मीडिया और विभिन्न तकनीक के इस्तेमाल के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं ये रूचिपूर्ण हैं जिनका इस्तेमाल बच्चे अमिभावक और अध्यापक घर पर रह कर भी कर सकते हैं इन तक मोबाइल फोन रेडियो टेलिविजन एसएमएस और विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से पहुंचा जा सकता है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के एक सौ उन्सठ नए मामले मिले जिसके बाद राज्य में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर दो हजार चार सौ सतासी हो गई है छः सौ अट्ठानबे मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और तैंतालीस की मृत्यु हुई है राज्य में कोरोना के एक हजार सात सौ छियालीस सक्रिय मामले हैं कोरोना योद्वाओं के साथ सेना की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज सशस्त्र सेनाएं देश भर में कई गतिविधियां आयोजित करेंगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अनुसार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और मालवाहक विमान श्रीनगर से तिरूवनंतपुरम और डिब्रगढ़ से कच्छ तक फ्लाई पास्ट करेंगे सेना और नौसेना के हेलिकॉप्टर उन अस्पतालों पर फूलों की वर्षा करेंगे जिनमें कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है पुलिस कर्मियों के असाधारण और साहसिक कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए तीनों सेनाओं के अध्यक्ष आज पुलिस स्मारक पर फूल मालाएं चढाएंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज वायुसेना के हेलिकॉप्टर सुबह सवा दस बजे से साढ़े दस बजे के बीच किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और एसजीपीजीआई अस्पतालों पर आसमान से पूष्प वर्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में सेना के इन प्रयासों की सराहना की है पूर्णबंदी के दौरान प्रदेश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्य तेज गति से चल रहे हैं इससे स्थानीय जॉब कार्डधारकों को रोजगार मिला है साथ ही महानगरों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को भी योजना के अंतर्गत काम दिया जा रहा है बलरामपुर जिले के गांव सिरसिया के महेश्वरी प्रसाद तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उनके पास काम नहीं था लेकिन मनरेगा में उन्हें रोजगार मिला है

अब शुरू हो गया है काम और मनरेगा में हमको दो सौ दो रूपया डेली मिल रहा है इसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद करते हैं बरेली जिले के गांव न्यूडी के त्रिलोकी को भी मनरेगा के तहत काम मिला है जिससे वह संतुष्ट हैं मेरा नाम त्रिलोकी सिंह है लॉकडाउन के तहत हमें रोजगार नहीं मिल रहा था मनरेगा के तहत हमें रोजगार मिला है जिसमें मै कार्य कर रहा हूं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा आज रात नौ बजे से राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जाएगा

पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है लोगों को व्यक्तिगत जानकारी और शुल्क जमा कराने वाले ऐसे फर्जी और धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से सावधान रहने को भी कहा गया है